उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंघान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना का हल खोज निकाला है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका ने देश की सराहना की है प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा उन्होंने कहा कि इससे युवा वैज्ञानिकों की नई पीढी तैयार करने में मदद मिलेगी नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजना की प्रगति को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं की नियमित रूप से उच्च स्तर पर निगरानी की जा सके और इनके कियान्वयन में अनावश्यक देरी से बचा जा सके मुख्यमंत्री आज शिमला में प्रदेश में कियान्वित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की ैअध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगभग एक वर्ष खराब हो गया इसलिए कार्य और दुढ़ता व तेज गति से किए जाने चाहिए ताकि इन्हें निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि ्प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के कार्य में हो रही अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी पौंगडैम पौंग डैम में प्रवासी पक्षियों के बडी संख्या में मरने के मामले में बर्डफ्लू की पूष्टि हुई है प्रारंभिक जांच में इन पक्षियों में ये बीमारी पाई गई है कांगडा के उपायक्त राकेश प्रजापति ने इस बात की पृष्टि करते हुए कहा है कि इस मामले में भोपाल से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि ये किस प्रकार का बर्डफल् है बडी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पौंग डैम से लगते चार विधानसभा क्षेत्रों में मीट मछली और अंडों की सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है

जिला प्रशासन ने लोगों से अपने पशुओं को पौंग डैम की तरफ न ले जाने और अतिरिक्त एहतियात बरतने की हिदायत दी है मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है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 बर्फबारी से मनाली केलंग सहित अन्य समी संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं राज्य के भैदानी व मध्यम व उंचाई क्षेत्रों में आज दिन के अधिकांश समय ध्रप खिली रही जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है मौसम विमाग ने आज राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षो व बर्फबारी और मैदानी तथा मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आसामानी बिजली गिरने की संभावना जताई है